चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना संबंधी सभी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए निर्भय होकर मतदान करें

गौरतलब है कि मतदान समाप्ति के बाद सभी पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना करवाई जाएगी और कल उपसरपंच का चुनाव होगा

श्री गहलोत कल जयपुर में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और जन आन्दोलन की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस मंशा के साथ कोरोना के विरूद्ध जन आन्दोलन तथा नो मास्क नो एन्ट्री अभियान शुरू किया है इसका प्रदेशवासियों के बीच अच्छा असर हो रहा है लोग मास्क पहनने और उचित दूरी रखने की पालना के साथ साथ मास्क वितरण के काम में भी बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं बैठक के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों की ओर से दशहरे और दीपावली पर्व के दौरान पटाखों से फैलने वाले प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर रोक लगाने के सुझावों पर भी चर्चा की गई

सवाई माधोपुर में जिला प्रशासन की ओर से साप्ताहिक लॉकडाउन में फेरबदल किए जाने के बाद आज जिले के सभी बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है

इसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा के पहलू शामिल किए गए हैं इनमें सुरक्षित दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना सुनिश्चित किया गया है दिशा निर्देशो का दूसरा भाग शैक्षिक पहलुओं और महामारी के बीच शिक्षण पद्धतियों से जुड़ा है लॉकडाउन के दौरान घर पर आधारित स्कूली शिक्षा से स्कूल प्राधिकारियों द्वारा औपचारिक स्कूल शिक्षा में सुचारू परिवर्तन पर बल दिया गया है सीखने के परिणामों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए इन दिशा निर्देशों में पूरे वर्ष के लिए गतिविधियों के व्यापक वैकल्पिक कैलेंडर बनाने की आवश्यकता बताई गई है सुरक्षित दूरी और अन्य सुरक्षा मानदंड का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षण संसाधनों के इस्तेमाल की आवश्यकता बताई गई है

स्कूलों को स्वयं की मानक संचालन प्रक्रियाएं तय करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है

कोर्ट में बचाव पक्ष की अंतिम बहस पूरी हो चुकी है स्पेशल एससीएसटी कोर्ट के न्यायाधीश बृजेश कुमार शर्मा की अदालत आज फैसला सुनाएगी

कल जयपुर में एक बैठक में श्री कटारिया ने अधिकारियों से रबी सीजन में फसलवार संभावित बुवाई बीज यूरिया डीएपी और एमएसपी की अनुमानित जरूरत तथा वर्तमान में उपलब्धता की विस्तृत समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों को कहा कि किसानों को खाद बीज को लेकर कहीं भी समस्या नहीं आनी चाहिए उन्होंने सरसों बुवाई वाले इलाके में बीज और उर्वरकों की आपूर्ति पहले कराने के निर्देश दिए